मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने अधिकारियों को कुम्भ मेले के कार्यो को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के दिए निर्देश

देहरादन में भण्डारण निगम के संचालक मंडल की बैठक में उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव आज बोर्ड में सर्वसम्मति से पारित कर लिया गया है डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि बोर्ड ने भण्डारण निगम में सालों से रिक्त चल रहे पदों को सहकारिता सेवा मंडल के माध्यम से सीधी भर्ती से भरे जाने के लिए संबंधित संस्था को प्रस्ताव भेजे जाने और सीधी भर्ती होने तक जरूरी पदों कोआउटसोर्स से भरे जाने का निर्णय भी लिया है मुख्य सचिव कंभ मेला म्ख्य सचिव ओमप्रकाश ने अधिकारियों को कुम्भ मेले के कार्यों को समयबद्व तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और आवश्यक सामग्रियों की प्ख्ता व्यवस्थाएं स्निश्चित कर ली जाएं

उन्होंने आस्था पथ पर बाढ़ स्रक्षा कार्य को नदी में पानी का स्तर कम होते ही शुरू करने के निर्देश दिये हैं इस दौरान मेलाधिकारी दीपक रावत ने कृम्भ मेला क्षेत्र में सड़क घाट पार्किंग शौचालय सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्वास्थ्य स्विधाओं की जानकारी दी

यह दिन विख्यात इंजीनियर मोक्षग्ंडम विश्वेश्वरय्या की जयंती पर मनाया जाता है सर एम वी के नाम से विख्यात विश्वेश्वरथ्या मैसुरु शहर के उत्तर पश्चिम उपनगर में कृष्ण राजा सागरा बांध के म्ख्य इंजीनियर थे इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेकैंया नायडू ने आज भारत रत्न से सम्मानित अभियंता एम विश्वेश्वरैया को श्रद्वांजलि अर्पित की

आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी है इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड़ ने शभकामनाएं देते हए कहा कि लोकतंत्र आम आदमी को बोलने की ताकत देता है और यह स्निश्चित करता है कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं उन्होंने देशवासियों से भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने तथा इसे और अधिक जीवंत बनाने की अपील की इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र स्शासन जवाबदेही नियंत्रण और संत्लन की सबसे बेहतर प्रणाली है कार्रवाई उत्तरकाशी उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मनरेगा के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यो में लापरवाही बरतने पर चिन्यालीसौड़ और भटवाड़ी के उप कार्यक्रम अधिकारी की सेवा समाप्ति की चेतावनी दी है

उन्होंने स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं देने पर दोनों की सेवा समाप्ति करने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिए ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने भटवाड़ी के खण्ड विकास अधिकारी दवारा भी योजनाओं की सही जानकारी नहीं दिये जाने पर उनके के लिए चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिये हैं मनरेगा की समीक्षा करते हए जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के विकास और योजनाओं का धरातलीय स्वरूप देने के लिए खण्ड विकास अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उन्होंने सभी खण्ड विकास अधिकारी और अधीनस्थ कार्मिकों से अपनी कार्यशैली में स्धार लाने को कहा

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि लोग अपने विचार और स्झाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भैज सकते हैं

बॉर्डर चेकिंग प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच अब उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले बाहरी लोगों को कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी कर दिया गया है हरिद्वार जिले के नारसन बॉर्डर पर प्रतिदिन हजारों लोग पहंच रहे हैं जिनका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है ज्वांइट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल का कहना है जो नई गाइडलाइंस मिली है उसी के तहत काम किया जा रहा है उन्होंने कहा कि नारसन बॉर्डर पर टेस्टिंग के लिए किट्स और टीम की जरूरत है इसके लिए सीएमओ को अवगत करवा दिया गया है साथ ही नारसन चैकपोस्ट पर एक मजिस्ट्रेट की निय्क्ति की गई ताकि रैंडम सैंपलिंग को स्निश्चित किया जा सके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

इस समय देश में इस संक्रमण से मरने वालों की दर एक दशमलव छह चार प्रतिशत रह गई है

रोगियों का उपचार केंद्र सरकार और आईसीएमआर के दिशा निर्देशान्सार ही किया जायेगा उन्होंने कहा कि सम्बन्धित चिकित्सालय जारी दिशा निर्देशों का अन्पालन ठीक से नहीं करते हैं या इलाज में लापरवाही करते हैं तो इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट या मुख्य चिकित्साधिकारी से की जा सकती है जिलाधिकारी ने बताया कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले चिकित्सालयों के विरूद्व नियमान्सार कार्रवाई की जायेगी

सेवा सप्ताह के तहत आज मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सीएम आवास में वृक्षारोपण किया